मतदान के लिए सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक का समय निर्धारित किया गया है मतदान केन्द्रों में मतदाताओं की सुविधा के लिए हेल्प बूथ की स्थापना की गई है इस उप चुनाव में भाजपा के लच्छ्राम कश्यप और कांग्रेस के राजमन बेंजाम सहित कुल छह उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जिनमें एक महिला भी शामिल हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार चित्रकोट उप चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था सहित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं इन मतदान केन्द्रों के लिए नौ सौ सोलह कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है

मतदान के दौरान निर्वाचन आयोग द्वारा बाईस मतदान केन्द्रो पर वेबकास्टिंग के जरिये मतदान प्रक्रिया पर सीधे नजर रखी जाएगी मतदान के लिए दो सौ उनतीस केन्द्र बनाए गए हैं इनमें से दो सौ तेरह केन्द्र बस्तर जिले में और सोलह मतदान केन्द्र सुकमा जिले में हैं जिनमें से सत्तर अतिसंवेदनशील और तिरानवे संवेदनशील हैं यहां के पांच मतदान केन्द्रों को अतिसंवेदनशील होने के कारण सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए अंठावन संवेदनशील मतदान केन्द्रों में माइक्रो ऑब्जर्यर तैनात किए गए हैं

इनमें उनयासी हजार दो सौ चौरासी पुरूष मतदाता और अठासी हजार छह सौ छब्बीस महिला मतदाता शामिल हैं वहीं एक मतदाता तृतीय लिंग समुदाय का है उप चुनाव के लिए आठ आदर्श और पांच संगवारी मतदान केन्द्र भी बनाए गए हैं इस सीट पर चौबीस अक्टूबर को मतगणना होगी मतगणना कार्य की पूरी जिम्मेदारी इस बार महिला कर्मचारियों को सौंपी गई है उप चुनाव में मतदान के लिए मतदाता परिचय पत्र के अलावा अन्य ग्यारह प्रकार के वैकल्पिक पहचान पत्रों को मान्य किया गया है इनमें पासपोर्ट आधार कार्ड ड्राईविंग लाइसेस मनरेगा जॉब कार्ड और बैंकों तथा डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक शामिल हैं केवल मतदाता पर्ची के आधार पर किसी भी वोटर को मतदान करने नहीं दिया जाएगा नगरीय निकाय चुनाव राज्य में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में पहली बार एक लाख पच्चीस हजार छह सौ छह नए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने बताया कि पिछले दिनों चलाए गए मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के बाद राज्य की नौ नगर पालिक निगमों अड़तीस नगर पालिकाओं और एक सौ तीन नगर पंचायतों में निर्वाचक नामावली के प्रकाशन और दावा आपत्ति आमंत्रित की गई थी इसके बाद निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया गया इसके अनुसार प्रदेश में क्ल मतदाताओं की संख्या पैंतीस लाख उनतीस हजार तीन सौ पैंसठ है इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या सत्रह लाख पैंसठ हजार आठ सौ इकयासी और महिला मतदाताओं की संख्या सत्रह लाख तिरसठ हजार दो सौ नवासी है जबकि तीन सौ पंचानवे तृतीय लिंग समुदाय के मतदाता भी शामिल हैं मतदाता पुनरीक्षण के दौरान आठ हजार एक सौ अड़तालीस मतदाताओं के नाम लिंग और पते में सुधार किया गया है वहीं बत्तीस हजार एक सौ इकहत्तर नामों को निरस्त किया गया माओवादी आत्मसमर्पण दंतेवाड़ा जिले में आज चार इनामी सहित अट्ठाईस माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया

पुलिस अधीक्षक ने आत्मसमर्पण करने वाले इन सभी माओवादियों को दस दस हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की कृषि विवि कार्यशाला राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कृषि वैज्ञानिकों से कहा है कि वे धान की ऐसी किस्में तैयार करें जो किसानों के खेतों तक कम समय में पहुंच सकें उन्होंने कम लागत में अधिक उत्पादन कर धान की खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया राज्यपाल ने यह बात रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में परिवर्तनकारी चावल प्रजनन विषय पर आयोजित तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के शुभारंभ अवसर पर कही राज्यपाल ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने वाली संस्थाओं को भी इस विषय पर ध्यान देना चाहिए उन्होंने कार्यशाला पर आधारित पोस्टर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया इस कार्यशाला में भारत केन्या युगांडा घाना तंजानिया मोजाम्बिक बांग्लादेश और फिलीपींस सहित विभिन्न देशों के वैज्ञानिक शामिल हो रहे हैं बातों बातों में श्रोताओं समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में इस बार तम्बाकू नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान पर केंद्रित रहेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले महीने आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए तम्बाकू छोड़ने और ई सिगरेट के छलावे में नहीं आने की अपील लोगों से की है तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए कितनी घातक हैं और इससे किस तरह छुटकारा पाया जा सकता है इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आकाशवाणी समाचार ने बात की छत्तीसगढ़ में तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर कमलेश जैन से इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे मौसम राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ इलाकों में कल रात से रूक रूककर बारिश हो रही है आंधप्रदेश की ओर से आ रही नमी के कारण मौसम में यह बदलाव आया है रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र के मौसम विज्ञानी जनकराम साहू ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है उन्होंने कहा है कि राजनांदगांव में मिल मजदूरों को अधिकार दिलाने के लिए किए गए आंदोलन और जन जागरण में श्री ठाकुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है दुर्घटना राजधानी रायपुर में आज हुए दो अलग अलग सड़क हादसों में एक महिला सहित चार लोगों की मौत हो गई उरला थाना क्षेत्र में दो मोटरसाइकिलों के बीच हुई आपसी भिडंत में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई वहीं डीडी नगर थाना के पास तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार एक महिला की भी मौत हो गई घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्काजाम कर आवागमन बाधित कर दिया

जब्त गांजे की कीमत लगभग तीन लाख रूपये बताई गई है फेंसिंग चैंपियनशिप इक्कीसवीं सब जूनियर राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप कल से भिलाई में शुरू हो रही है चौबीस अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ सहित उनतीस राज्यों के करीब साढ़े छह सौ खिलाड़ी प्रशिक्षक और निर्णायक शामिल होंगे यह स्पर्धा लीग कम नॉक आउट आधार पर आयोजित की जाएगी